इसमें जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सभी रिकार्ड का डिजीटलीकरण किया जायेगा

प्रधानमंत्री नरेनद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देश में युवा उदयमियों को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठा रही है श्री मोदी आज वीडियों कांफ्रेसिंग के ज़रिये देश भर के स्टार्टअप उद्यमियों और नवसुजन करने वाले य्वाओं से बातचीत करे रहे थे उन्होंने कहा कि स्टार्टअप कम्पनियां अब बड़े शहरों तक सीमित नहीं रह गई हैं बल्कि छोटे शहर कस्बे और गांव भी अब स्टार्टअप कम्पनियों के जीवंत केन्द्र के रूप में उभर रहे हैं

उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र मे उत्कृष्टता हासिल करने के लिए पर्याप्त पृंजी हौंसले और लोगों को जोड़ेन की जरूरत है श्री मोदी ने कहा कि एग्रीकल्चर ग्रेंड चैलेंज श्रू किया गया है और नौजवानों से कृषि क्षेत्र में आमूल परिवर्तन के लिए नये विचारों के साथ आगे आने का आहवान है उन्होंने कहा कि सरकार ने देश में उभरते उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए इंडिया एकशन प्लान नाम बदल कर स्टार्टअप श्रू किया है पूंजीगत लाभ पर कर से छूट और इंस्पैक्टर राज म्क्त शासन जैसी प्रोत्साहन देना है

सरकार ने सार्वजनिक खरीद मानदंडो को स्गम बनाया है ताकि स्टार्ट अप अपने उत्पाद सरकार को बेच सकें प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने वैश्विक स्टार्ट अप परितंत्र में अपना विशिष्ठ स्थान बताया है

इससे अब जहां कृषि एवं बागवानी क्षेत्र की चीजों को खराब होने से बचाने में बहत मदद मिलेगी वहीं किसानों की आमदनी में बढ़ौतरी होगी

उन्होंने बताया कि इस नीति में हरियाणा में फूड प्रोसैसिंग इंडस्ट्री के क्षेत्र में व्यक्तिगत इकाई लगाने वाले उद्यमियों को कई वित्तीय प्रोत्साहन दिए जा रहे है नियामक को आसान किया जा रहा है कौशल विकास के लिए बढ़ावा दिया जा रहा है उन्होंने बताया कि यह नीति से पिछड़े इलाकों में मिनी फूड पार्कों को प्रोत्साहित करके आधारभूत ढ़ांचे को मजबूती मिलेगी केन्द्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने कहा है कि उनका मंत्रालय महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों को रोकने के लिए कई उपक्रम कर रहा है

उन्होंने कहा कि पहली बार गैर रिहायशी भारतीयों से विवादित महिलाओं के समक्ष आ रही कठिनाईयों से भी सरकार की ओर से समन्वित सहायता उपलब्ध करवाई जा रही है

उन्होंने जानकारी दी कि मोबाइल पर पैनिक बटन के प्रावधान पर भी काम किया जा रहा है

हरियाणा के ग्रूग्राम न्यायिक परिसर में देश का पहला डिजीटल फ्रंट ऑफिस खोला गया हरियाणा विधिक प्राधिकरण के सदस्य सचिव और पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायधीश प्नीश जिदंल ने बताया कि ग्रूग्राम मे बने जिला विधिक प्राधिकरण के डिजीटल फ्रंट ऑफिस मे सारे रिकार्ड को डिजीटलीकरण किया जायेगा जिससे सारा रिकार्ड कम्प्यूटर में दर्ज होगा और कैदी तथा उसके अधिवकता को सूनवाई की अगली तारीख आदि के बारे में यहां से पता चल पाएगा इसी प्रकार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पास मुफ्त कानूनी सहायता प्राप्त करने के लिए जो भी प्रार्थी आते है

श्रीजिंदल ने बताया कि देश मे अपनी तरह के पहले डी एल एस ए के इस दफतर मे एक हैल्प डेस्क् भी होगा जहां पर पैनल अधिवकता तथा एक पैरा वालिंयर उपलब्ध रहेंगे पंचकूला हरियाणा का ऐसा पहला जिला बन गया है जहां लोगों को फ्री इंटरनेट वाई फाई की स्विधा प्रदान की जाएगी

इसके अलावा नगर निगम की ओर से स्वच्छ मैप ऐप हरपथ ऐप की स्विधा प्रदान की गई है जिनके तहत फोटो खीच कर ऐप पर डालने से निगम द्वारा निर्धारित समय पर उन पर कार्यवाही की जाती है हरियाणा सरकारी रिकार्ड से सम्बधित सभी दस्तावेजों का डिजिटलीकरण किया जायेगा म्ख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने जिला सोनीपत में सभी दस्तावेजों के डिजिटलीकरण के लिए तैयार किए गए सॉफ्टवेयर के बेहतरीन कार्य को देखते हए इस साफ्टवेयर को सभी जिलों में लागू करने के आदेश दिये है

ऐसे में अब जल्द ही आम लोगों को अपना पुराना रिकार्ड एक क्लिक पर ही उपलब्ध हो जायेगा ग्रूग्राम के एक निजी स्कूल में छात्र की हत्या करने वाले आरोपी भोलू को हाई कोर्ट से राहत नही मिली

ग्रुग्राम ज्वेनाइल जस्टिस बोर्ड से जमानत याचिका खारिज होने के बाद आरोपी के परिजनों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर जमानत की गुहार लगाई थी देश में सिरसा जिले ने खुले में शौच मुक्त होने पर प्रभम स्थान प्राप्त किया है यह बात स्वच्छ भारत मिशन हरियाणा के कार्यकारी उपाध्यक्ष सुभाष चन्द्र ने सिरसा के पंचायत भवन में जिले के सभी गांवों के सरपंच स्वच्छ भारत से जुडे सक्षम युवाओं व अन्य लोगों को सम्बोधित करते हए कहा कि इसका श्रेय गांवो की पंचायतों व स्वच्छता से ज्डे अधिकारियों को जाता है उन्होंने उपस्थित सरपंचों से कहा कि अपने गांवो को आदर्श गांव बनाने के लिए गांव में नई नई योजनाओं की श्रूआत करे गांव मे ठोस व कचरा प्रबंधन परियोजना लगवाएं गांव के लोगों को पालिथीन के प्रयोग करने से रोके